मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा काशी और अयोध्या की तरह शुकतीर्थ का भी किया जायेगा विकास शुकतीर्थ में पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास प्रदेश में पन्द्रह दिन के अन्दर शराब की दुकानें पक्की नहीं होने पर निरस्त होंगे लाइसेंस आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिये निर्देश पचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में बीस नवम्बर से अट्ठाईस नवम्बर तक किया जायेगा

मिशन नियंत्रण केन्द्र की घोषणा के बाद इसके प्रेक्षपेण के निर्धारित समय छप्पन मिनट पहले उलटी गिनती को रोक दिया गया इसरो के जनसम्पर्क मामलों के सहायक निदेशक वीआर गुरूप्रसाद ने बताया कि प्रेक्षापण यान प्रणाली में तकनीकी गडबड़ी का पता चला है

श्कतीर्थ स्थित अक्षय वट वक्ष को उन्होंने हजारों साल के इतिहास का साक्षी बताया कल मुजफ्फरनगर स्थित श्कतीर्थ पहंचकर उन्होंने पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया श्री योगी ने धर्म संस्कृति के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जनता से हर प्रकार के सहयोग का आग्रह किया उन्होंने कहा कि विकास कार्यो के लिए जन सहभागिता भी जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्रह जुलाई से सावन मास शुरू हो रहा है और इस दौरान प्रदेश में कॉवड़ यात्रा अच्छे ढंग से सम्पन्न हो यह प्रशासन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द के माहौल में हम कॉवड़ियों को अतिथि मानकर उनका सत्कार करें मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉवड़ यात्रा के दौरान डीजे बंद नहीं होंगे लेकिन उसमें सिर्फ भजन बजाने की ही अनुमति होगी इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी कल्याण देव को श्रद्वासुमन अर्पित किये और अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा और गंगा घाट पर पूजा अर्चना भी की

उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने पर राष्ट्र तेजी से सशक्त होगा मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने आवास पर स्माइल मशाल ज्योति आशीर्याद कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने स्माइल मशाल ज्योति प्रज्जवलित की कार्यक्रम के बाद उन्होंने स्माइल मशाल ज्योति को रवाना किया स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य स्वयं सेवी संस्था स्माइल ट्रेन द्वारा संचालित किया जा रहा है संस्था द्वारा विश्व भर में जन्मजात विकृत होंठ और तालू के मरीजों का निःशुल्क उपचार कराया जाता है इस समस्या के उपचार के प्रति लोगों में जागरूकता तथा गतिशीलता लाने के लिए स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का अभियान है ऐसे कार्यो से राष्ट्र सशक्त बनता है प्रदेश में कल से चार दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस मीट का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बासववां अखिल भारतीय पुलिस मीट आयोजित किया जा रहा है ये मीट सोलह से बीस जुलाई तक रहेगा और यहां कई स्थानों पर मीट का आयोजन किया जाएगा इस मीट के लोगो का अनावरण और वेबसाइट का शुभारम्म किया जा चुका है मै यहां यह बताना चाहता हूं कि यह ऑल इंडिया पुलिस मीट पुलिस की शारीरिक दक्षता के साथ साथ विज्ञान कौशल और व्यवसायिक दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस टीम को इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है

प्रदेश सरकार ने कहा है कि शराब की द्कानों को पन्द्रह दिन के अन्दर पक्का नहीं किया गया तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश देते हुए कल कहा कि जिला स्तर पर अधिकारी शराब की कच्ची दुकानों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित कराये कि तय समय अवधि में वे सभी दुकानें पक्की हो जायें उन्होंने कहा कि दिना सीमा शुल्क दिये पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैघ शराब के कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाये समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आबाकारी संजय आर भूसरेड़डी ने ओवर रेटिंग पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी जनपदो में अधिकारी नियमित रूप से शराब की दुकानों का निरीक्षण करें ताकि अवैध शराब व अन्य अवैध कार्यो पर तत्काल रोक लगायी जा सके उन्होंने कहा कि आबाकारी विभाग के अंतगत निर्धारित की गयी राजस्व प्राप्तियों की निर्धारित समय में प्राप्ति सुनिश्चित की जाये हापुड़ में कौशल विकास योजना बेरोजगार युवाओं के लिए करदान साबित हो रही है योजना के अन्तर्गत जिले में संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में युवाओं को विभिन्न कलाओं की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है इस योजना का लाभ उठा कर युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं लाभार्थी सोनिया का कहना है मेरा नाम सोनिया है सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को थैंकयू बोलना चाहूँगी इस योजना को स्टार्ट किया है यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उन गरीब बच्चों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से सीख नहीं पा रहे हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था मुझे सिलाई में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट था लेकिन मैं पैसों की वजह से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं सीख पा रही थी मैं घर में ही ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन फिर मुझे एक सेन्टर के बारे में पता चला सेल्फ स्किल ट्रेनिंग सेंटर में यहां पर आयी

पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संचालन समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह महोत्सव हमारा गौरव है

फिल्म महोत्सव में नवीनतम प्रौद्योगिकी फिल्म निर्माण और फिल्मों से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी भी दी जायेगी महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर अलग प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी सुचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि एफ टी आई आई और सत्यजीत रे इंस्ट्रीट्यूट ऑफ इंडिया तथा अन्य फिल्म संस्थानों के छात्र इसका हिस्सा होंगे और उन्हें इससे अनुभव हासिल होगा जावड़ेकर ने बताया कि ऑस्कर अकादमी के अध्यक्ष जॉन बैली और अन्य प्रख्यात छायाकारों तथा निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है इस बार के फिल्म समारोह में रूस भागीदार देश होगा फिल्में दिखाने के लिए कुछ निजी थिएटरॉ को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है इस अक्सर पर प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विशेष स्वर्ण जयंती पोस्टर जारी किया प्रदेश के तराई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं प्रशासन ने बाढ़ से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है हाल ही में भारी बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में खास तौर पर तराई के इलाकों में भारी तबाही मचाई है बहराइच सिद्धार्थ नगर कुसीनगर गोण्डा बस्ती मऊ बाराबंकी और गोरखपुर में निचले इलाके पानी में डूब गए हैं इन जिलों घाषरा राप्ती कुआनो और गण्डक सहित सभी नदियां खतरे के निशान के करीब वह रही हैं नेपाल से आ रहा पानी भी जलस्तर बढ़ा रहा है और इस पानी के चलते नेपाल से सटे इलाको में कई सम्पर्क मार्ग बंद हो गए हैं नदियों के किनारे रह रहे लोगों ने अपने गांव खाली करने युरू कर दिए हैं और वो सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और इन इलाकों में जरूरतमंद लोगों को मदद मुहैया कता रहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ